उन्होंने लोगों से संक्रमण रोकने के लिए सम्चित एहतियाती उपायों का पालन करने को कहा श्री मोदी ने ट्वीट संदेश में कहा कि हम निश्चित रूप से इस महामारी से संघर्ष में जीत हासिल करेंगे मास्क लगाने की अपील करते हए भारतीय क्रिकेट खिलाड़ियों का वीडियो साझा करते हए एक अन्य ट्वीट में प्रधानमंत्री ने कहा कि छोटी लेकिन जरूरी सावधानी लोगों को स्रक्षित रख सकती है

प्रधानमंत्री ने देश की ऊर्जा जरूरतें पूरी करने में चौबीसों घंटे लगे कर्मियों का आभार प्रकट किया उन्होंने संकट के इस दौर में देश की सेवा में ज्टी विभिन्न सरकारी एजेंसियों के प्रयासों की सराहना की प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार लघ् और मध्यम व्यवसायों की मदद के लिए प्रतिबद्ध है और इच्छ्क उद्यमों को हरसंभव सहयोग स्निश्चित कर रही है

म्ख्यमंत्री ने इन मरीजों से कहा कि यह अत्यंत हर्ष एवं उत्साह का विषय है कि उन्होंने कोरोना को हराने में सफलता प्राप्त की है

संक्रमित की डिलिवरी कराए जाने की खबर के चलते डॉक्टर सहित पांच अन्य अस्पताल स्टाफ के लोगों के लिए सैंपल लिए गए हैं राजगढ़ जिले में जीरापुर के काशी खेड़ी की एक महिला कोरोना पॉजिटिव पाई गई है सागर जिले में भी दूसरा कोरोना पॉजीटिव मरीज मिला है जिसके बाद संबंधित क्षेत्र को कंटेंटमेंट जोन में बदल दिया गया है मंदसौर के महाजन मोहल्ले में एक व्यक्ति के कोरोना संक्रमित पाए जाने के बाद इलाके को सेनेटाइज किया गया धार में आज से तीन दिन के लिए पूरी तरह लॉक डाउन किया गया है

आगरमालवा जिले में भी नया मामला सामने नहीं आया है विदिशा जिले के पहले संक्रमित इमरान ह्सैन को स्वस्थ होने के बाद कल डिस्चार्ज कर दिया गया उधर ग्वालियर के लिये कल का दिन सुखद रहा जहां नोवेल कोरोना वायरस के चारों पॉजिटिव मरीजों की तीसरी बार निगेटिव रिपोर्ट प्राप्त होने पर उन्हें अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया कलेक्टर कौशलेन्द्र विक्रम सिंह ने बताया कि जिले में अब पॉजिटिव रिपोर्ट का कोई भी मरीज नहीं है

ये स्थानीय ग्रामीणों की मदद करेंगे और बाहरी व्यक्तियों के प्रवेश पर नजर रखेंगे उधर रतलाम में पीसीआर मशीन पहुंच गई है अब जल्द ही शहर में भी कोरोना की जांच की जा सकेगी नीमच में कल जिला स्तरीय संकट प्रबंधन समूह की बैठक संपन्न हुई जिसमें कलेक्टर जितेंद्र सिंह राजे ने कहा कि कोरोना से बचाव व स्रक्षा के लिए सभी लॉकडाउन का सख्ती से पालन करें उधर उमरिया में भी लॉक डाउन का कड़ाई से पालन कराया जा रहा है

म्ख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से कोरोना संक्रमण रोकने के लिए निजी चिकित्सकों के आग्रह में यह घोषणा की म्ख्यमंत्री ने निजी चिकित्सकों को कोरोना संक्रमण की इस लड़ाई में उनके हौसले एवं सहयोग के लिए धन्यवाद भी दिया

अच्छी खबर का प्रसारण हर रविवार को किया जाता है इसमें आम लोगों के लिए उपयोगी और प्रेरणादायक समाचारों को शामिल किया जाता है

सागर में आकाशीय बिजली की चपेट में आने से रहली विधानसभा के खांड़ गांव में एक ही परिवार के चार लोगों की मृत्यु हो गई अशोकनगर गुना उज्जैन और रतलाम में भी कल मौसम का मिजाज बदल गया जिससे किसानों की चिंता बढ़ गई है

इसका सीधा प्रसारण क्षेत्रीय चेनलों के माध्यम से भी किया जाएगा